संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति की बैठक के बाद यह चेतावनी जारी की गई संक्रमण फैलने के छह महीने के दौरान आपात समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं समिति ने विश्व के विभिन्न देशों पर इस महामारी के सामाजिक आर्थिक असर पर विचार किया और इसकी रोकथाम के लिए सामुदायिक राष्ट्रीय क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी रखने पर बल दिया प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है

कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद हमीरपुर उपमण्डल की बजूरी और नादौन की जलाड़ी पंचायत में एक एक वॉर्ड कंटेनमेंट जोन बनाया गया है इसके अलावा ऊना ज़िले में अंब उपमंडल की खरोह और ठठल पंचायतों को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उधर भोरंज तहसील की झरलोग पंचायत के उपरला झरलोग और बिझड़ी के वार्ड नम्बर दो के कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर हो गए हैं रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी शिमला के सभी बाजार आज खूले रहेंगे उपायुक्त अमित कश्यप ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं उन्होंने कहा कि दुकानों को खोलने और बंद करने में कोई बदलाव नहीं किया गया है

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इस बीच कल प्रदेश की महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ़त बस सुविधा का लाभ मिलेगा हालांकि निगम ने यात्रियों की कमी के चलते इस दिन अतिरिक्त बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया है राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं कांगड़ा व मण्डी जिले में कल रात से रूक रूक कर वर्षा का कम जारी है प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से अभी भी सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के दौरान वर्षा का कम जारी रहने की संभावना जताई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोहिन कुमार के शहीद होने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है पुंछ में एलओसी पर पाक गोलाबारी में हमीरपुर का जवान हुआ शहीद नंवबर में थी शादी पंजाब केसरी की सुर्खी है हमीरपुर के खास गलोड़ गांव का रोहन आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचली सपूत देश पर कुर्बान आपका फैसला लिखता है वीरभूमि हमीरपुर का बेटा पुंछ में एलओसी पर शहीद मंत्री न बनने पर छलका विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज का दर्द शीर्षक से अमर उजाला लिखता है गुटबाजी भी हुई उजागर बोले हमारे तथाकथित लोगों ने चंबा को नहीं मिलने दिया मंत्री पद

हिमाचल दस्तक की एक खबर है बदलेगा बीएड डीएलडी का सिलेबस नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए हिमाचल में तैयारी शुरू

छुट्टी के दिन सवारी मिलने पर हीं चलेंगी एचआरटीसीबसें हिमाचल दस्तक की एक खबर हैं